एक बार में तीन तलाक देने पर अब आरोपी पति को तीन साल जेल की सजा होगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस संबंध में कैबिनेट द्वारा पारित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है इसके साथ ही यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है कानून के दुरूपयोग की आशंकाओं को दूर करते हुए सरकार ने इसमें सुरक्षा के कुछ उपाय भी शामिल किये हैं ट्रायल से पहले आरोपी के लिए जमानत का प्रावधान किया गया है केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि प्रस्तावित कानून में आरोपी के पति का पक्ष सुनने के बाद मजिस्ट्रेट जमानत मंजूर कर सकते हैं पुलिस तीन तलाक के मामलों में प्राथमिकी तभी दर्ज करेगी जब पीड़िता या उसके सगे संबंधी थाना आयेंगे महिला के राजी होने पर ऐसे अपराध में किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अब समझौता भी हो सकता है श्री प्रसाद ने कहा कि यह अध्यादेश लाना बहुत जरूरी हो गया था यह मुद्दा महिलाओं को गरिमा और समानता का अधिकार दिलाने से जुड़ा है राज्य सरकार ने बिना लाईसेंस के मुहर्रम जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि इस संबंध में सभी प्रमंडल और जिलों के पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं उन्होंने बताया कि मुहर्रम के दौरान डीजे समेत ऊंची आवाज के बाजे पर रोक रहेगी साथ ही जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार के पारम्परिक हथियारों के प्रयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है गृह सचिव ने बताया कि सोलह संवेदनशील जिलों में चौबीस कंपनी अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की जायेगी राज्य सरकार ने होमगार्ड के डीआईजी रत्नमणि संजीव को निलंबित कर दिया है उन पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने वरीय अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करने और पद की गरिमा के खिलाफ काम करने का आरोप है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना नाम की एक नई योजना को मंजूरी दी है इससे बीमित व्यक्ति को उसकी बेरोजगारी के दौरान नकद लाभ मिलेगा श्रम संसाधन मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की बेरोजगारी की स्थिति में एक निश्चित नकद राशि सीधे उसके खाते में जमा कर दी जाएगी यह सुविधा उन व्यक्तियों को भी उपलब्ध होगी जो नए रोजगार की तलाश में हैं खरीफ मौसम में अनाज की खरीद के लिए किसानों के ऑनलाइन निबंधन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है सहकारिता मंत्री राणा रंधीर सिंह ने पटना में इस सेवा की शुरूआत करते हुए कहा कि अधिप्राप्ति के अड़तालीस घंटे के अंदर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान ई पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में किया जायेगा रैयत किसानों से दो सौ क्विंटल और बटाईदार से पचहत्तर क्विंटल धान की खरीद की जायेगी दारोगा भर्ती के लिए चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान कल आठ फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया वहीं रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा में पटना और दानापुर से पांच फर्जी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई है अगले साल हज पर जाने के इच्छुक लोग पन्द्रह अक्टूबर से आवेदन कर सकेंगे कोन्द्रीय हज कमिटी के कार्यपालक पदाधिकारी इलियास सोनू ने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया पांच नवम्बर तक चलेगी इस बार बिहार को दस हजार हाजियों का कोटा मिला है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीर निर्मल योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क नल का कनेक्शन दिया जायेगा श्री मोदी पश्चिम चंपारण के चार पंचायतों जगदीशपुर घोघाघाट रानीरामपुरवा और औरेया में चौवालीस करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाली ग्रामीण जलापूर्ति योजना के उद्घाटन के बाद ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि योजना के तहत सामुदायिक अंशदान की राशि राज्य सरकार खुद वहन करेगी पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि महेशखूंट से पूर्णिया को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ सात की चौड़ाई बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है श्री यादव ने बताया कि इस मार्ग को दस मीटर और चौड़ा किया जायेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी पंचायतों में कृषि कार्यालय खोले जायेंगे उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने इसके लिए बयालीस करोड़ इक्कीस लाख रूपये का आवंटन किया है जमालपुर रेलवे स्टेशन पर रूट रिले इंटरलॉकिंग काम के कारण जमालपुर से ट्रेनों का परिचालन बंद हो गया है उनतीस सितम्बर तक कोई भी ट्रेन जमालपुर नहीं जायेगी पूर्व रेलवे की डीआरएम तनु चन्द्रा ने बताया कि इस दौरान पांच जोड़ी ट्रेने रद्द रहेंगी सत्रह जोड़ी ट्रेनों का परिचालन मुंगेर कटिहार बरौनी किऊल आसनसोल बड़हरवा और पटना के रास्ते किया जायेगा वहीं सात जोड़ी ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेटेड किया गया है जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उसमें भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेसभागलपुर मुजफ्फरपुर इंटरसिटी मालदा पटना एक्सप्रेस हावड़ा गया एक्सप्रेस और जमालपुर सहरसा फास्ट पैसेंजर ट्रेने शामिल हैं पीएमसीएच में डेंगू के एक मरीज की कल मौत हो गयी मृतक पटना के पंचवटी नगर का रहने वाले था पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि अब तक अस्पताल में बयासी मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है नौवीं राष्ट्रीय रूसी कुश्ती प्रतियोगिता के पहले दिन बिहार ने दो स्वर्ण दो रजत और सात कांस्य पदक जीते हैं पटना के पाटलीपुत्र खेल परिसर में आयोजित प्रतियोगिता में राज्य को पहला स्वर्ण पदक साध्वी कुमारी ने सबजूनियर बालिका वर्ग अंडर थर्टी फाईव किलोग्राम में दिलाया जबकि बालक वर्ग में अंकुश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता तेज धूप तथा वातावरण में नमी बढ़ने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है प्रदेश के अधिकतर स्थानों का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन से चार डिग्री तक ऊपर चला गया है इधर मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य भारत और बंगाल की खाड़ी में ऊपरी हवा का चक्रवात बनने की संभावना है जिससे अगले चौबीस घंटों के दौरान दक्षिणी और पश्चिमी इलाको में हल्की बारिश हो सकती है जमुई जिले के चकाई के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामस्वरूप प्रसाद को निगरानी जांच ब्यूरो ने बीस हजार रूपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार पदाधिकारी शिकायतकर्ता से बकाये वेतन के भुगतान के एवज में रिश्वत ले रहा था जमुई में एसएसबी जवान सिकन्दर यादव की हत्या के मामले में उनसठ नक्सलियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है इधर गया के बाराचट्टी थाने के धनगाई गांव में सामुदायिक भवन उड़ाने के आरोपी कुख्यात नक्सली जगन्नाथ सिंह भोक्ता को जिले के सिसियातरी से गिरफ्तार कर लिया गया है भभुआ के प्रसिद्ध मुंडेश्वरी मंदिर का श्रद्धालु अब ऑनलाईन दर्शन कर सकेंगे इसके लिए जिला प्रशासन ने मुंडेश्वरी डॉट ओआरजी नाम से वेबसाइट लांच किया है

आज के सभी समाचार पत्रों ने तीन तलाक पर अध्यादेश लाये जाने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान लिखता है तीन तलाक अब दंडनीय अपराध तीन साल कैद की सजा होगी दैनिक जागरण ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार की नई दिल्ली में मुलाकात से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है अखबार ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को प्रकाशित करते हुए लिखा है मुस्लिम संघ से डरे नहीं आकर समझें और उसे परखें प्रभात खबर की सुर्खी है पूर्णिया के रिमांड होम में दो की हत्या दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा बीएसएफ के एक जवान की हत्या से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है राष्ट्रीय सहारा ने राज्यपाल लालजी टंडन के साथ साक्षात्कार को प्रमुखता दी है अखबार लिखता है बिहार में शुरू हो गया है शैक्षणिक जागरण राज्यपाल आज लिखता है वरिष्ठ पत्रकार विष्णु खरे का निधन अखबारों ने एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की आठ विकेट से जीत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अध्यादेश को मंजूरी दिये जाने के साथ ही पूरे देश में कानून लागू